इसमें एनडीए सरकार ने नए भारत के सपने को साकार करने पर जोर दिया है

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि इस अवसर पर भाजपा सेवा अभियान शुरू करेगी

चचए प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी से मन की बात के हिंदी प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका पूनः प्रसारण शाम आठ बजे किया जाएगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल रात हई बैठक में यह निर्णय लिया गया मुख्यमंत्री ने संक्रमितों की संख्या के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने का निर्देश दिया है

राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं

इसके बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इन परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया जाएगा

भाजपा के पूर्व प्रदेशअध्यक्ष भंवर लाल शर्मा का कल जमवारामगढ के लाली गांव में निधन हो गया राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की है प्रदेश भाजपा कार्यालय में अनेक जनप्रतिनिधियों पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों द्वारा उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित की गई प्रदेश में कल अनेक स्थानों पर धूलमरी आंधी और हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गयी इससे अधिकांश स्थानों पर तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली सवाईमाघोपुर धौलपुर बूंदी और दौसा में वर्षा हुई वहीं अलवर जिले में कुछ ग्रामीण ईलाकों में ओले भी गिरे हमारे संवाददाता ने बताया कि ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ गई है

आज हिन्दी पत्रकारिता दिवस है आकाशवाणी समाचार एकांश की ओर से पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं पत्रकार कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के साथ जनता तक खबरें पहुंचाते है और उन्हें हर मामले पर जागरूक करते है